ये प्रदर्शनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदशनियों के अनुरूप होगी डिस्पैच केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में छह प्रमुख स्थानों को चिन्हित करते हुए डिफेंस इंडस्ट्रीयल कारिडोर बनाने का फैसला किया है इस संबंध में एक रक्षा योजना समिति का भी गठन किया गया है इसे देखते हुए उत्तरप्रदेश की सरकार ने डिफेंस कारिडोर को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे साथ साथ बनाने का फैसला लिया जिससे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश को खावलंबी बनने में मदद मिल सके इस लिहाज से डिफेंस एक्सपो का आयोजन पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में नई तकनीक और निवेश को प्रोत्साहित करेगा सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ भविष्य में होने वाले युद्धों के तौर तरीकों के हिसाब से रक्षा क्षेत्र में चल रहे डिजिटल बदलाव प्रदर्शनी का एक विषय होंगे

इंडिया पवेलियन में खासतौर पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को दिखाया जाएगा जिसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगा के साथ ही नवाचार को प्रोत्साहित करने से जुड़े उद्यम शामिल हैं जो कि भविष्य में इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएंगे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद की चुनौती काफी गंभीर है लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि वह आतंकवादी गुटों और उन्हें संरक्षण दने वालों के खिलाफ कारगर कार्रवाई में सक्षम है कल नई दिल्ली में तीसरे रक्षा अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जैसा विशाल देश केवल कुछ देशों तक रक्षा सहयोग सीमित नहीं रख सकता इसे लगातार विस्तार देने के प्रयास किए जाने चाहिए

रक्षामंत्री ने कहा कि इससे भारत की रक्षा कूटनीति और मजबूत होगी केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने नोवेल कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयारियों की वीडियो कांफ्रेस के जरिये राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की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

कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश में भी सतर्कता बरती जा रही है संदिग्ध और संभावित मरीजों के लिए अस्पतालों में अलग वार्डो की व्यवस्था की गयी है प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि पदेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर संभावित खतरे को देखते हुए पूरी सतर्कता बरती जा रही है बाइट डिफेंस एक्सपो जो लखनऊ में प्रस्तावित है और पांच तारीख से प्रारम्भ होने वाला है हम प्रोग्राम को लेके और चीन के एक प्रोवेंश में कोराना वायरस को लेकर जो एक बहुत बड़ी सतर्कता पैदा हुआ पूरे विश्व में हम उत्तर प्रदेश में भी और केन्द्र सरकार के साथ मिलकर सभी एयर पोर्ट्स पर पूरी सतर्कता के साथ अपने डॉक्टर की टीम को लेकर कुछ हॉस्पिटल में आई सोलेशन वार्ड भी बना दिया गया है

वहां भी हमारे डॉक्टर लगके हर एक पर्यटक को स्क्रीन करके उनका एक प्रारम्भिक जांच करके ताकि किसी वायरस से या किसी तरह का बीमारी से जड़े तो नहीं हैं उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार भी पूरी तरह सतर्क भी है डिफेंस एक्सपो में भी जो लोग बाहर से आयेंगे उनकी भी जांच होगी तो अभी कोई इस तरह से डरने की बात नहीं है उत्तर प्रदेश पूरी तरह से सतर्क है और स्वास्थ्य विभाग इसमें पूरी तरह सजग भी है पीलीभीत में मुख्य चिकित्साधिकारी डाक्टर सीमा अग्रवाल ने बताया कि जनपद में एक सप्ताह के दौरान विदेशों से आये पांच भारतीय नागरिकों का कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा एयर इंडिया ने कहा है कि वह शनिवार से दिल्ली से हांगकांग की उड़ान स्थगित कर रहा है

जर्मनी की स्वास्थ्य मंत्री जेन्स स्पाह्व ने कहा कि इस संक्रमण से निपटने में अलग अलग प्रयास कारगर नहीं होंगे इस बारे में आज जर्मनी ब्रिटेन और फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक होने की आशा है इसमें यात्रा नियमन एहतियाती उपायों और इस वायरस के बारे में आगे अनुसंधान के प्रयासों में समन्वय के प्रयास किये जाएंगे

चीन की सेना की चिकित्सा टीम इस अस्पताल का प्रबंधन कर रही है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

उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार के पास देश भर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर शुरू करने की कोई योजना है दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में आठ फरवरी को होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दिन उत्तर प्रदेश क सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत मतदाताओं को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश अनुमन्य किया गया है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 आज विश्व कैंसर दिवस है इसका उद्देश्य कैंसर की रोकथाम पहचान और उपचार के लिए प्रेरित करना और लोगों में कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है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

बलरामपुर जनपद में राष्ट्रीय सेवा योजना और एक गैर सरकारी कैंसर फाउंडेशन द्वारा कार्यकम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया राज्य सरकार ने निराश्रित और बेसहारा गोवंश से किसानों की फसल को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए उन्हें गोवंश आश्रय स्थल में रखने के निर्देश दिये हैं

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार आर्थिक सुस्ती समाप्त करने के लिए पिछली यूपीए सरकार की फिजूलखर्ची जैसी गलतियां नहीं करेगी भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटा बढ़ने से प्राप्त धन फिजूल में खर्च नहीं किया जा रहा है उन्होंने कहा कि पिछली यूपीए सरकार में भले ही ऐसा किया गया हो लेकिन वर्तमान सरकार ऐसा नहीं करेगी श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार धन का इस्तेमाल सार्वजनिक परिसम्पत्ति और सम्पर्क बढ़ाने विशेषकर बुनियादी ढांचे के अभाव वाले जिलों के बीच संचार व्यवस्था कायम करन पर किया जा रहा है